विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस ने आज फिर सदन से किया वॉकआउट मुख्यमंत्री ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा की

प्रश्नकाल प्रदेश सरकार ने पठानकोट मंडी फोरलेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य पवन काजल और अरूण कुमार के संयुक्त प्रश्न के उत्तर में ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रभावितों को मुआवज़ा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इस परियोजना के क्लीयरेंस के मामले में भी सरकार आगे बढ़ी है

इसके आधार पर सड़क की डीपीआर को संशोधित किया जा रहा है और मंजूरी मिलने के बाद प्रोजैक्ट की लागत व निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख तय की जाएगी

भाजपा सदस्य विशाल नैहरिया के योल छावनी संबंधी प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के योल छावनी के तहत आने वाले लोगों की दिक्कतों के मामले को राज्य सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय से उठाया गया है उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले को लेकर बात करेंगे भाजपा के जिया लाल के सवाल पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कृषि कोष के लिए किसान साढ़े सात लाख रूपए तक ऋण ले सकता है

राज्य में स्थापित निजी उद्योगों में कार्यरत मजदूरों का ईपीएफ जमा न करवाए जाने संबंधी कांग्रेस के रामलाल ठाकुर के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बताया कि यह मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है लेकिन प्रदेश सरकार मजदूरों के साथ हो रहे खिलवाड़ को सहन नहीं करेगी इसी मामले पर माकपा के राकेश सिंघा के अनुपूरक सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि अनियमितताओं के जो भी केस सामने लाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी भाजपा के विनोद कुमार के अटल आदर्श विद्यालय संबंधी सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा कि राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय स्थापित करेगी

वॉकआउट प्रदेश विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस ने आज एक बार फिर सदन से वॉकआउट किया विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन की बैठक आरंभ होते ही विधायक सुंदर ठाकुर को कोरोना के नाम पर डिटेन करने और उनके होटल परिसर में हुड़दंग मचाने का मामला उठाया उनका आरोप था कि सरकार सुंदर ठाकुर के होटल परिसर को तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है जबकि मामला अदालत में विचाराधीन है और ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विधायक सुंदर सिंह ठाकुर मामले पर जोरदार हंगामा किया विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सुंदर ठाकर ने कुल्लू एसपी ऑफिस में धरना दे रखा था लेकिन इसी दौरान वहां एक पुलिस कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के नाम पर पुलिस अधीक्षक ने पूरे एसपी ऑफिस को अपने स्तर पर ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जबकि कानूनन ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कंटेनमेंट जोन घोषित करने की शक्तियां सिर्फ डीसी के पास हैं इसी दौरान विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और दोनों तरफ से खूब शोरगुल हुआ विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने इस दौरान दोनों पक्षों को शांत करने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर शोरगुल और नारेबाजी करते रहे तथा बाद में पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर बाहर चला गया इस बीच विपक्ष के वॉकआउट के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि विधायक सूंदर ठाकुर के होटल में अतिक्रमण का मामला अदालत में लंबित है उन्होंने कहा कि एसपी ऑफिस में धरना देने की किसी को इजाजत नहीं है लेकिन फिर भी विधायक ने ऐसा किया जो कानूनन गलत है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती गई है और कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है इसके बावजूद विपक्ष इस मामले को अनावश्यक रूप से राजनीतिक तूल दे रहा है उन्होंने विपक्ष के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई होगी ध्यानाकर्षण भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि पालमपुर को नगर निगम बनाने अथवा नगर परिषद का दायरा बढ़ाने को लेकर अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है

भारद्वाज ने कहा कि पालमपुर को नगर निगम बनाने की मांग धर्मशाला से भी पहले की है आशीष बुटेल ने कहा कि वह पालमपुर को नगर निगम बनाने का विरोध नहीं कर रहे मगर सरकार को नगर निगम बनाने का फैसला लेते वक्त ग्रामीण इलाकों को बाहर रखना चाहिए

कर में यह गिरावट वैट और वस्तु व सेवा कर में गिरावट के कारण दर्ज की गई

यह खुलासा कैग रिपोर्ट में हुआ है जिसे आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में सदन पटल पर रखा

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने इस साल सीए व कोल्ड स्टोर सेब बागवानों के लिए खुले रखे हैं और बागवान अपने उत्पाद इनमें रख सकते हैं

गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच इस साल उतनी स्थिति नहीं बिगड़ी जितनी आशंका थी उन्होंने कहा कि एमआईएस योजना जारी रहेगी और इसके तहत सेब की खरीद हो रही है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिन्दी दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिन्दी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है उन्होंने सभी से हिन्दी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करने का संकल्प लेने का आह्वान किया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हिन्दी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से हिन्दी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने का आग्रह किया हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए

प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के एक सौ नए मामलों की पुष्टि हुई है